राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने इस साल के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के साथ साथ सरकार के भावी विजन और लक्ष्यों को रेखांकित किया अपने अभीभाषण में उन्होंने कहा कि सरकार एक कुशल प्रशासन व्यवस्था बनाने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए व्यापक रुप से काम कर रही है वहीं कृषि बागवानी उद्योगों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी कई नए प्रगतिशील कदम उठा रही है राज्यपाल ने सड़क नेटवर्क और संचार व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार सड़क रेल एयर कनेक्टिविटी और वाटरवेज के विस्तार के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरु होने पर सदस्यों ने दिवंगत पूर्व मंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता नोकसोंग बोहम के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा सदन में उपमुख्यमंत्री चाऊना मैन ने आज वस्तु और सेवाकर संशोधन विधेयक दो हजार बीस भी पेश किया शिक्षा के क्षेत्र में हालहीं में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बई और पहली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपर और पोस्टिंग पॉलिसी जारी की है उन्होंने राज्य में पर्यटन की क्षमताओं का भी उल्लेख किया उन्होंने आशा प्रकट की कि राज्य में खेल सुविधाएं बढ़ने से विश्व खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ भ्रष्ट इकाईयों के खिलाफ कार्रवाई को उद्योग और व्यापार क्षेत्र के खिलाफ सरकरी कार्रवाई के रुप में नहीं देखा जाना चाहिए नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास ऐसा पारदर्शी वातावरण तैयार करने का रहता है जिसमें भारतीय उद्योग बिना किसी भय और रुकावट के आगे बढ़ सकें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने जवाबदेही तथा करदाताओं और करविभाग के बीच मानव हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए नई प्रणाली विकसित की जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुना कर पचास खरब डॉलर का बनाने का लक्ष्य मात्र एक पड़ाव है जबकि यह लक्ष्य इससे भी बड़ा है प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से निराशा की भावना त्यागने का भी अनुरोध किया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में तीस मीडिया सम्मान प्रदान किये इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येस्सों नाईक भी उपस्थित थे मंत्रालय ने योग के संदेश के प्रचार प्रसार में मीडिया के योगदान के सम्मान के लिए पिछले वर्ष जून में इन पुरस्कारों की घोषणा की थी ये पुरस्कार भारत और विदेश में योग के प्रचार प्रसार में भूमिका और जिम्मेदारी के लिए मीडिया का सम्मान करने के लिए शुरु किये गए है

इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग विश्व में भारत की पहचान है और स्वस्थ बने रहने के लिए उत्कृष्ट उपाय है उन्होंने कहा कि समाज में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार मीडिया की जिम्मेदारी है श्री जावड़ेकर ने योग के बारे में जागरुकता फैलाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की इस अवसर पर द्रदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने योग के प्रचार प्रसार के लिए पुरस्कार पर प्रसन्नता व्यक्त की राज्य में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में नसा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है इस केंद्र में शराब अफीम तथा अन्य कई तरह के मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए सभी सुविधाए उपलब्ध है जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कालिंग दाई ने बताया कि मुख्यमंत्री नशा योजना के तहत आवंटित राशि से स्थापित इस नशा मुक्ति केंद्र में प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों को तैनात किया गया है इस केंद्र के प्रभारी डॉ टी सिराम ने कहा कि इस नशा मुक्ति केंद्र में ज्यादातर अफीम और शराब के सेवन से परेशान लोग आ रहे हैं जिन्हें केंद्र की ओर से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है विधायक ओजिंग तासिंग ने शिक्षको से विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है दोन्यी पोलो विद्या निकेतन पासीघाट के वार्षिक दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया पहले खेलों इंडिया विश्वविद्यालय खेल बाईस फरवरी से एक मार्च तक भुबनेश्वर के आई आई टी संस्थान में आयोजित होंगे कल भुबनेश्वर में खेलों के आयोजन के सिलसिले में एक समारोह हुआ इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू और ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों और जर्सी का अनावरण किया